कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

इस सम्मेलन का विषय हमारे सांझे भविष्य की प्नर परिभाषा सब के लिलए सुरक्षित पर्यावरण रखा गया है

इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सरकारों के प्रतिनिधि प्रमुख उद्योगपति शिक्षा शास्त्री जलवाय् वैज्ञानिक युवा और सिविल सोसायटी के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे इस सममेलन के दौरान ऊर्जा एवं उद्योग परिवर्तन लचीलापन और अनुकूलता प्राकृति आधारित समाधान जलवायु संरक्षण के लिए वित्तीय पोषण वृत्तीय आर्थिकता साफ समुद्र और वायु प्रदूषण जैसे विषयों पर चर्चा की जायेगी पर्यावरण वन एवं जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय इस सम्मेलन के प्रम्ख भागीदार है

समाचार लिखे जाने तक टीकाकरण का कार्य जारी था

पीजीआई रोहतक में आज फिर कोविड वैक्सीन का टीका लगाने की शुरूआत हो गई पीजीआई की नर्सिंग अधीक्षक ईशवती मलिक ने सबसे पहले टीका लगवाया टीका लगवाने के बाद उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की कि वे टीकाकरण अभियान में शामिल होने से संकोज न करे यह पूरी तरह सुरक्षित है

जिले में इस समय को वैक्सीन व कोविशील्ड की ख्राक दी जा रही है

भिवानी में उप पुलिस कप्तान मुख्यालय वीरेन्द्र श्योरण ने कोविड का टीका लगवाने के बाद इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया और कहा कि इससे डरने की बात नहीं है यह अन्य टीकों की तरह ही है उन्होंने कहा कि टीकाकरण से शरीर में कोरोना से लड़ने की शक्ति आयेगी और दूसरे विकार भी खत्म होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में हरियाणा सरकार देवभूमि उत्तराखंड के साथ खड़ी है और आपदा से निपटने में हरसम्भव सहयोग किया जायेगा

उस पर एक लाख रूपये का ईनाम था हिन्दुस्थान समाचार एजेंसी के अनुसार इसे जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है एक टवीट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो कानून से छिपने के दौरान भी अपने भड़काऊ भाषणों और लोकप्रियता से युवाओं को उकसा रहा था हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले करबूतबाज़ों पर शिंकजा कसने और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विशेष जांच दल की प्रमुख भारती अरोड़ा और अन्य को गृह विभाग द्वारा सम्मानित किया जायेगा

काबिले गौर है कि हरियाणा की घरती से कबतूरबाज़ी पर लगाम लगाने के लिए करनाल पुलिस रेज़ की महानिरीक्षक भारती अरोड़ा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था इस टीम ने कबतूरबाजों पर सख्त कार्रवाई की जिससे ऐसे आरोपिों की धरपकड़ करते हये उनके कब्जे से भारी मात्रा मे बरामदगी की गई है

पकड़े गए आरोपी की पहचान फतेहाबाद जिले के रहने वाले राजेंद्र के रूप में हई प्राथमिक जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अपने सहयोगी के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी करता था वह डोडा पोस्त राजस्थान के मंगलवाड़ा से ला रहा था

हरियाणा कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ मुख्यालय से प्रदेश में कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए एक अभियान की शुरूआंत की इस मौके पर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि यह अभियान एक महीने तक चलेगा जिस दौरान एक हजार सोशल मीडिया वार्रियरर्स को सोशल मीडियो विंग में शामिल किया जायेगा उनहोंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखने वाले फोन फोन वेबसाइट या ई मेल के माध्यम से आवेदन करेंगे और छंटनी के बाद एक हजार लोगों को सोशल मीडिया विभाग में लिया जायेगा जो हरियाणा में मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सोशल मीडिया का काम देखेंगे इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि हर पहलू को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि मीडिया के सवालों के जवाब देते हये कहा कि हरियाणा काग्रेस संगठन का विस्तार जल्द ही संम्भवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कर लिया जायेगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा द्वारा राजभवन मार्च में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के शामिल न होने बारे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें इसका पता नहीं चला और आने वाले समय में ज्यादा तालमेल देखने को मिलेगा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में किसी भी फूट से इन्कार किया पलवल पुलिस ने आज सोहना चौक के निकट एक युवका को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछसे युवक ने अपनानाम पलवल निवासी सुमित बताया है युवक के कब्जे से एक देसी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद ह्ये है

मृतक पिंटु बिहार के गया जिले का रहने वाला है पुलिस जांच अधिकारी हरबीर सिह ने बताया कि सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी घायल अवस्था मे उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया